परिक्षा के सुचारु संचालन के लिए सुरक्षाबलों के करीब एक हजार जवानों को इन केंद्रों पर तैनात किया गया था दो पालियों में आयोजित की गई परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए परीक्षा के दौरान मोबाइल नेटवर्क सेवाएं बंद रखी गई थी प्रारंभिक परीक्षा में भाग लेने के लिए छब्बीस हजार से ज्यादा उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र जारी किए गए थे प्राप्त समाचारों के अन्सार राजधानी ईटानगर सहित राज्य के सभी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हई

मुख्यमंत्री पेमा खाण्डू और लोकसभा सांसद तापिर गांव ने कल केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं पर भाजपा कार्यक्रताओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार ग्राम स्तर पर विकास योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए पंचायत चुनावों को जल्द कराने के पक्ष में है श्री खाण्डू ने पार्टी कार्यकर्ताओं से सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को जागरुक करने का आह्वान करते हुए उन्हें इसका लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करने को कहा उन्होंने कार्यकर्ताओं से अनुशासन और ईमानदारी के साथ जनहित में कार्य करने की अपील की श्री खाण्डू ने कहा कि राज्य सरकार सभी वर्गों और क्षेत्रों के विकास को ध्यान में रखकर योजनाओं को लागू कर रही है

कल शाम आकाशवाणी दवारा आयोजित सरदार पटेल व्याख्यान में उन्होंने कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा का एकतरफा तौर पर बदलने की कोशिश स्वीकार नहीं की जाएगी श्री जयशंकर ने कहा कि सीमा पर शांति के कारण ही तीन दशकों तक भारत और चीन के बीच सहयोग में वृद्धि हई विदेश मंत्री ने कहा कि भारत अपने निकटतम पड़ोसियों को प्राथमिकता देना जारी रखेगा उन्होंने कहा कि व्यापार संपर्क और आवाजाही की स्विधा बढ़ाकर तथा आतंकवाद को समाप्त करके ही क्षेत्रीय संबंधों को मजबूत किया जा सकता है डॉ जयशंकर ने कहा संय्क्त राष्ट्र स्रक्षा परिषद में स्थाई सदस्यता के लिए भारत अपनी दावेदारी को और प्रजोर तरीके से रखना जारी रखेगा

अपने संबोधन में श्री मोयोंग ने गांव के लोगों से स्वच्छता बनाए रखने और बुनियादी सुविधाओं के रखरखाव पर ध्यान देने को कहा उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शहरों की तरह गांवों में भी आवश्यक सुविधाओं को उपलब्ध कराने पर जोर दे रही है ताकि गांवों में रोजगार के अवसर पैदा हो और लोग शहरों की और पलायन करने के लिए मजबूर न हो इस आदर्श गांव की एक अनोखी खासियत यह है कि गांव वासियों ने मिलकर अग्निशमन विभाग की वाहन के लिए जरुरत पड़ने पर पानी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है जहां अग्निशमन वाहन का टेंकर महज पांच मिनट में पूरी तरह से भर जाएगा

राज्य में स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अनुसार प्रदेश में अब तक बारह हजार नौ सौ उनसठ रोगी स्वस्थ हो चुके है और स्वस्थ होने की दर बढ़कर सत्तासी दशमलव दो पांच प्रतिशत हो गई है राज्य में एक हजार आठ सौ छप्पन सक्रिय मामले हैं कल दर्ज किए गए मामलों में ईटानगर राजधानी क्षेत्र से सत्ताईस तवांग से दस लेपारादा से नौ ईस्ट सियांग और लोअर सुबनसिरी से आठ आठ वेस्ट सियांग से छह अपर सियां और लेपारादा से पांच पांच तिरप लोअर दिबांग वैली और वेस्ट कामेंग से चार चार मामले शामिल है जबकि पाप्मपारे और नामसाई से दो दो अपर सुबनसिरी ईस्ट कामेंग़ चांगलांग पाक्वे केसांग लोंगडिंग और कामले से कोविड के एक एक नए मामले सामने आए है

नर्सिंग स्कूल की प्रमुख एन जामोह मिजे ने बताया कि रोगियों की सही देखभाल के साथ स्वच्छ भारत अभियान में शामिल होने के लिए भी उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है संस्थान में तीन वर्ष का पाठ्यक्रम प्ररा करने वाली पहली बैच की छात्राओं ने कल परिसर में पौधारोपण किया

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अन्सार नए नियम ऐसे सभी चिकित्सा महाविदयालयों पर लागू होंगे जिनकी स्थापना की जानी है